सत्र के पहले दिन विधानसभा में महंगाई शिक्षा आईआईटी सड़क और स्वास्थ्य आदि से जुड़े मुद्दे उठाये गए सत्र की कार्रवाई शुरू होते ही विपक्ष ने महंगाई का मुद्दा उठाया प्रश्नकाल रोककर विपक्ष ने इस पर चर्चा की मांग रखी इस दौरान विपक्ष ने शोर शराबा भी किया

नेता प्रतिपक्ष इंदिरा हृदयेश ने कहा कि सरकार महंगाई को रोकने में नाकाम साबित हुई है

सरकार की तरफ से संसदीय कार्यमंत्री मदन कौशिक ने महंगाई को लेकर उठाये गए विपक्ष के सवालों का जवाब दिया वहीं उन्होंने कहा कि विपक्ष राज्य के मुद्दों से भटक गया है

हरक सिंह रावत वन विभाग और कौशल विकास विभागों के सवालों पर धिरते नजर आये भाजपा विधायक चंदन राम दास ने प्रदेश में बंद हो रहे आईटीआई को लेकर उनसे सवाल पूछा और जवाब से सन्तुष्ट न होने पर नाराजगी भी जाहिर की कांग्रेस विधायक गोविंद सिंह कुंजवाल ने अल्मोड़ा के नैनी आईटीआई बंद करने का मामला सदन में उठाया श्री रावत ने सदन में बताया कि जिन आईटीआई के लिए भूमि नहीं मिल रही है और जो किराये के भवन में चल रहे हैं उनको शिफ्ट किया जा रहा है उन्होंने कहा कि कोई आईटीआई बंद नहीं किया जा रहा है इस दौरान सदन के पटल पर कई संशोधन विधेयक भी रखे गए

शीतकालीन सत्र के दौरान सदन में भाजपा से निष्कासित विधायक कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन सत्तापक्ष के साथ नहीं बल्कि असंबद्ध विधायक के रूप में अलग बैठेंगे विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल ने आज सत्र के दौरान यह व्यवस्था दी उन्होंने सदन को पिथौरागढ़ उपचुनाव में जीती भाजपा विधायक चंद्रा पंत के निर्वाचन की सूचना भी दी बैठक पौड़ी पौड़ी में प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना के अन्तर्गत गठित जिला पी एम ए जी वाई अभिसरण समिति की पहली बैठक आयोजित की गई

मुख्य विकास अधिकारी ने कहा कि गांव विकसित होने के बाद भी अगले तीन सालों तक इनकी मॉनिटरिंग होगी और साथ ही राज्य से तीन ऐसे गांवों को पुरस्कृत भी किया जायेगा जहां अच्छा कार्य हुआ होगा

इन गांवों के विकास के लिए जनपद स्तर और ग्राम पंचायत स्तर पर समिति बनी हैं और प्रत्येक महीने समिति की बैठक होगी जनपद स्तर पर जिलाधिकारी समिति के अध्यक्ष होंगे

इस करार के तहत कंपनी यहां से उत्पादित दूध खरीद रही है

इसे देखते हुए हेता कम्पनी ने सरकार के साथ एमओयू किया है

कंपनी इस दूध से घी पनीर दही मक्खन आदि उत्पाद तैयार कर रही है

जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान की कार्ययोजना की बैठक में उन्होंने कहा कि नवाचार कार्यक्रम में पर्वतीय वाद्य यंत्रों का प्रशिक्षण दिया जाय साथ ही भाषा और वाद्य यंत्रों का प्रचार प्रसार भी किया जाय जिलाधिकारी ने पुस्तकालयों में अंग्रेजी वार्तालाप की पुस्तकें रखने और गढ़वाली पाठ्यक्रम को नये शोध में शामिल करने के निर्देश भी दिये उन्होंने इस बात पर चिंता जताई कि आठवीं के बाद अधिकांश बेटियां विज्ञान की पढ़ाई छोड़ देती हैं उन्होंने इसके लिए विशेषज्ञ बुलाकर बेटियों और अभिभावकों की काउन्सलिंग कराने के निर्देश दिये मिशन इंद्रधनुष टिहरी मिशन इंद्रधनुष टीकाकरण अभियान के तहत टिहरी जिले में शत प्रतिशत प्रतिरक्षण के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सभी स्वास्थ्य केंद्रों में बच्चों को दवा पिलाई जा रही है अभियान के दौरान विभिन्न रोगों से मुक्ति के लिए दो वर्ष से कम आयु वर्ग के बच्चों और गर्भवती महिलाओं का टीकाकरण किया जाएगा अभियान के चार चरण निर्धारित किए गए हैं टिहरी के मुख्य चिकित्साधिकारी ने बताया कि इसके लिए अन्य विभागों का भी सहयोग लिया जा रहा है

कोर्ट ने जिलाधिकारी को स्थल का मौका मुआयना कर कोर्ट में जवाब पेश करने को कहा था लेकिन जवाब न मिलने से कोर्ट ने उन्हें पेश होने को कहा है वहीं प्रदेश की सबसे बड़ी शादी के मामले में भी हाईकोर्ट में सुनवाई हुई कोर्ट ने सरकार से पूछा है कि शादी के कारण पर्यावरण को कितना नुकसान हुआ है

स्वीडन के किंग और क्वीन कल हरिद्वार के नमामि गंगे परियोजना के तहत सराय सीवरेज ट्रीटमेंट प्लान्ट के शिलान्यास कार्यक्रम में शामिल होंगे केन्द्र के नमामि गंगे परियोजना के कार्यकारी निदेशक और संयुक्त सचिव रोजी अग्रवाल ने इस बात की जानकारी देते हुए बताया कि सीवरेज ट्रीटमेंट प्लान्ट के लोकार्पण के कार्यक्रम में स्वीडन के महाराजा और महारानी के अलावा मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत और केन्द्रीय मंत्री गजेन्द्र सिंह शेखावत भी मौजूद रहेंगे

उन्होने बताया कि कुंभ से पहले गंगा प्रदूषण नियत्रंण के कार्य पूरे कर लिए जाएंगे बीएसएनएल एमटीएनएल केन्द्रीय संचार मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा है कि बीएसएनएल और एमटीएनएल के विलय की प्रक्रिया जारी है लोकसभा में एक प्रश्न के उत्तर में उन्होंने कहा कि कर्मचारियों के हितों की सुरक्षा और इस उद्यम को लाभकारी बनाने के सभी प्रयास किये गए हैं